श्री मोदी एशिया के इस दूसरे सबसे लंबे पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी भी रवाना करेंगे चार दशमलव नौ किलोमीटर लम्बे इस पुल के लोअर डेक पर दो लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर तीन लेन की सड़क है

इसके एक सौ बीस वर्ष तक र्सवा देने का अनुमान है

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इस चुनौती से निपटने का एक उपाय किसानों को अधिक उपार्जन में सक्षम बनाना है इसके लिए सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओँ में अधिक निवेश करना और किसानों की उपज की खरीद में सहयोग देना जरूरी है वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करेगी उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से वाहनों द्रसंचार रियल एस्टेट और विमानन क्षेत्र में हाल के बिक्री रूझान पर बारीकी से नजर रखी गई श्री जेटली ने कहा कि निजी निवेश में तेजी आ रही है इससे निवेश स्थिति में सुधार हुआ है जिससे आर्थिक वृद्वि में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण संबंधी पाबंदियों से उबरने के बाद सरकारी पूंजी का सही निवेश कर सकेंगे रिजर्व बैंक की आरक्षित निधि सरकार को देने संबंधी एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक जल्दी ही एक समिति गठित करेगा जो इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी वित्त मंत्री से यह भेंट वार्ता आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की वर्षांत कार्यक्रम श्रंखला के तहत आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जारी संशोधनों के मसौदे में कहा गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म को सरकारी एजेंसियों की आवश्यकता पर सूचना के सही स्रोत की जानकारी देनी होगी विपक्ष के आरोपों पर मंत्रालय ने कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सामग्री का नियमन नहीं करता लेकिन इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफार्म का इस्तेमाल आतंकवाद उग्रवाद हिंसा और अपराध के लिए या इन्हें बढ़ावा देने में न किया जाये

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं नई दिल्ली में राजघाट के पास अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल को आज राष्ट्र को समर्पित किया गया विविधता में एकता का महत्व उजागर करने के लिए इसके निर्माण में देश के विभिन्न भागों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है भाजपा की ओर से आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में बूथ स्तर तक मनाया जायेगा

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इस अवसर पर गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है बाजार में सांता क्लोज के परिधान और किसमस ट्री सहित किसमस से संबंधित चीजे मिल रही है राजधानी जयपुर में ज्यादातर रेस्टोरेंट होटल चर्च और क्लब को किसमस और नये साल के लिये सजाया गया है मध्यरात्रि को कैथोलिक चर्चो में किसमस की विशेष अराधना हुई वहीं प्रभू के जन्म की आकर्षक झांकिया भी सजाई गई

राज्यपाल कल्याण सिंह ने किसमस पर्व पर अपने बधाई संदेश में कहा कि किसमस सद्भाव और विश्वास को साझा करने का उत्सव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को किसमस की शुभकामनाए देते हुए कहा है कि प्रभु यीशु विपरीत परिस्थितियों के बावजुद सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहे उनका बलिदान हमे करूणा त्याग और मानवता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है

अभी तक केवल डेढ सौ मीटर गहराई तक ही खनिज खोजे जा सकते थे

उन्होंने कहा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ क्षेत्र में ऐसा खनिज मिला है जिसमें तांवे की अधिकता है ये आधारभूत खनिजों में महत्वपूर्ण उपलब्धी है सर्वेक्षण को पूरा करने के लिये भारतीय खान विद्यापीठ धनबाद ने जल्द ही काम पूरा करने की योजना बनाई है

इस मौके पर किला स्थित महाराजा सूरजमल की आदमकद प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर पुष्पाजंलि अर्पित की गई

द्र्घटना का कारण घना कोहरा बताया गया है पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है

ये दुर्घटना लुणकरणसर के हरियासर गांव के पास हुई बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण दोनो वाहन भिड गये घटना की सूचना पर लूणकरणसर थाना पुलिस और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और घायलो को प्राथमिक उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया

कल शाम अवध वारियर्स ने पुणे सेवन एसिस को दो के मुकाबर्ल तीन अंक से हराया

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद लोगो को ठण्ड से राहत नहीं मिल रही है जालोर में ठण्ड और कोहरे से अरंडी और जीरे की फसल को नुकसान हो रहा है चूरू और सीकर में भी तेज सर्दी का असर बना हुआ है

घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे पर आज सुबह दो घंटे के लिये विमानों के प्रस्थान को पूरी तरह से रोक दिया गया